अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आज सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया उन्होंने यह प्रस्कार देश के लोगों को समर्पित करते हुए कहा कि भारत पर्यावरण के मामले में अग्रणी है उन्होंने महात्मा गांधी का सन्दर्भ देते हुए कहा कि वह सबसे बड़े पर्यावरण प्रेमी थे उन्होंन कहा कि भारत में स्वच्छ ईधन के उपयोग का अनुपात काफी बढ़ रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यावरण और ऊर्जा बचाव क लिये देश में लोगों ने बड़ी संख्या में एलईडी बल्बों का इस्तेमाल शुरू किया है देश में किसानों में फसलों में कीटनाशकों के उपयोग में कमी के मामले में जागरूकता बढ़ी है

उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने का बेहतर तरीका व्यवहार में परिवर्तन लाना है प्रधानमंत्री ने वेस्ट टू वेल्थ की उपयोगिता पर बल दिया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में विकास के लिये सुरक्षा अनिवार्य है और इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने संगठित अपराध को यहां पूरी तरह समाप्त कर दिया है मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में छिहत्तर करोड़ रूपये से अधिक की लागत वालो नौ परियोजनाओं का लोकार्पण और पचपन करोड़ की लागत की सोलह परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के विकास के लिये लगातार कार्य कर रही है हाल ही में पेश किये गये केन्द्र और राज्य सरकार के बजट विकास और रोजगार पर केन्द्रित हैं उन्होंने राज्य में पूर्ववर्ती सरकारों पर पूर्वांचल को विकास से दूर रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार ने पिछले चार वर्षों में इस क्षेत्र के लिए विकास की कई योजनाएं संचालित की हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आठ मार्च को महिला दिवस पर हर जिले में विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे उन्होंने कहा कि इन कायक्रमों में संचालन से लेकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की भूमिका महिलाओं के जिम्मे होगी इस अवसर पर मिशन शक्ति एन्टीरोमियो स्क्वाड महिला हेल्प डेस्क के बारे में जानकारी देने के साथ महिला स्वयं सेवी समूहों को राशन कोटे की रिक्त दुकानों का भी आवंटन किया जायेगा

यह निर्णय केन्द्रीय नियासी बोर्ड की कल श्रीनगर में हुई बैठक में किया गया जिसकी अध्यक्षता श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने की आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री गंगवार ने बताया कि ब्याज दर सरकार के राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी और उसके बाद ईपीएफओ कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में ब्याज जमा करेगा

संगठन ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कर्मचारियों को भी भविष्य निधि पेंशन और बीमा सुविधाओं का लाभ देने का फैसला किया है अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कर रहा श्रीराम जन्मभूमि न्यास विश्व भर के श्रद्धालुओं का बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मंदिर परिसर विस्तार की योजना बना रहा है हमारे संवाददाता ने बताया कि न्यास ने अयोध्या में और एक हजार चालीस वर्ग मीटर जमीन खरीदी है अयोध्या में राम मंदिर के लिए निर्माण का काम चल रहा है वहीं दूसरी तरफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मंदिर परिसर के विस्तार की भी तैयारियां कर रहा है

उन्होंने कहा कि ट्रस्ट की योजना और भूमि खरीदने की है और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्रा इस संबंध में श्री राम जन्मभूमि के आसपास के मंदिरों घरों और जमीनों के मालिकों के साथ बातचीत का प्रयास कर रहे हैं

श्री राम जन्मभूमि परिसर में इनमें से अधिक से अधिक मंदिरों या उनकी भूमि को समाहित करने की योजना है सुशीलचंद्र तिवारीआकाशवाणी समाचार लखनऊ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

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस बात का औचित्य बताने को कहा है कि इस कोविड टीकाकरण अभियान के दौरान लोगों को श्रेणियों में क्यों बांटा गया है

न्यायालय ने कहा कि देश के दो संस्थानों सेरेम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तथा भारत बायोटेक के पास टीका उत्पादन की और अधिक क्षमता है न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखापल्ली की पीठ ने कहा कि ऐसा लगता है कि इन संस्थानों की पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया गया है न्यायालय ने इन दोनों संस्थानों से अपनी प्रतिदिन साप्ताहिक और मासिक टीका उत्पादन क्षमता के बारे में अलग अलग शपथ पत्र देने को कहा है उच्च न्यायालय दिल्ली बार काउंसिल की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें न्यायाधीशों वकीलों तथा न्याय प्रक्रिया से जुड सभी लोगों को अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्वा घोषित करने की मांग की गई थी इस समय राज्य में साठ वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिये टीकाकरण का कार्य चल रहा है पैंतालीस से साठ वर्ष की आयु वाले पहले से चिन्हित गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों का भी कोरोना टीके की खुराक दी जा रही है अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि आज दो हजार तीन सौ से अधिक केन्द्रों में कोविड टीकाकरण का कार्य किया गया और अपरान्ह तक साठ हजार से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की खुराक दी गई अब तक प्रदेश में उन्नीस लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों फ्रंट लाइन वर्कर्स तथा साठ वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है सरकार द्वारा प्राइवेट अस्पतालों में कोविड टीकाकरण के लिये ढाई सौ रूपये प्रति डोज नियत की गई है सरकारी अस्पतालों में कोई भी व्यक्ति अपना निःशुल्क टीकाकरण करा सकता है उन्होंने बताया कि पात्र व्यक्ति टीकाकरण के लिये निर्धारित वेबसाइट पर जाकर अपना स्लाट बूक करा सकते हैं या निकट के सीएचसी और पीएचसी केन्द्रों पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना के एक सौ अट्ठाइस नये मामले सामने आये

इस समय प्रदेश में कोरोना के दो हजार सत्रह सक्रिय मामले हैं राज्य में कोरोना नमूनों की जांच का कार्य जारी है और कल एक लाख अट्ठारह हजार नौ सो तेइस नमूनों की जांच की गई और अब तक तीन करोड़ अटठारह लाख अड़सठ हजार से अधिक नमूनों की जांच की गई है